सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में चौसठ प्रतिशत मतदान

प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण वैशाली सिवान शिवहर गोपालगंज और महाराजगंज में छिटपूट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया उनसठ दशमलव तीन आठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सबसे अधिक पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में लगभग चौसठ प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सबसे कम महाराजगंज में बावन प्रतिशत मतदान की खबर है जबकि वाल्मिकी नगर में तिरसठ दशमलव आठ प्रतिशत और वैशाली में इकसठ दशमलव सात प्रतिशत वोटिंग हुई है पूर्वी चंपारण और गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में उनसठ प्रतिशत मतदान की खबर है शिवहर में साठ प्रतिशत और सीवान में छप्पन दशमलव सात पांच प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इन आठों सीटों पर दो प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया वैशाली लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मीनापूर पारू और साहेबगंज तथा वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र के रामनगर और वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया

पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के नरकटिया में बूथ संख्या एक सौ बासठ और एक सौ तिरसठ पर राजद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गयी बीच बचाव करने घटनास्थल पर पहुंचे निवर्तमान सांसद और एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल को भीड़ ने घेर लिया असामाजिक तत्वों ने उनके वाहन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से श्री जायसवाल को सुरक्षित बाहर निकाला गया पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी रमण कुमार ने कहा कि हंगामे के कारण कुछ देर मतदान बाधित रहा वहीं मोतिहारी के जमुआ ब्रथ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने पर ढाका के विधायक फैसल रहमान की गाड़ी को जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने एहतियातन जब्त कर लिया वहीं पूर्वी चम्पारण संसदीय क्षेत्र के जीवधारा में मतदान केन्द्र संख्या दो सौ साठ पर वोट देने आये एक पैंसठ वर्षीय मतदाता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई छठे चरण के तहत प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में सम्पन्न मतदान में सोलह महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सताईस उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी है इस चरण में आज जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल संजय जयसवाल रमा देवी और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह प्रमुख हैं सीवान सीट पर दो महिला उम्मीदवारों जदयू की कविता सिंह और राजद की हिना शहाब आमने सामने हैं इसके अलावा जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो और आलोक कुमार सुमन लोजपा की वीणा देवी राजद के सैयद फैसल अली सु्रेंद्र राम और रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा और आकाश कुमार सिंह तथा कांग्रेस के शाश्वत केदार की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है छठें चरण के मतदान की समाप्ति के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही आठों सीटों पर अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय ने दावा किया कि आठों सीटों पर जनता ने एनडीए पर अपना भरोसा जताया है वहीं राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया कि चूनाव में जनता ने भाजपा और एनडीए के दलों को नकार दिया है श्री यादव ने कहा कि सभी सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी लोकसभा चूनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है विभिन्न पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगो से मतदान की अपील कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जहानाबाद के हलासगंज में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद और काराकाट के गोह में महाबली सिंह के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में न्याय के साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने पर तेजी से काम किया जा रहा है वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव ने आज पहली बार एक साथ नालंदा के एकंगरसराय में महागठबंधन प्रत्याशी अशोक क्मार आजाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन देश और संविधान को बचाने के लिए चूनाव लड़ रहा है भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब और रामकृपाल यादव ने पाटलिपूत्रा लोकसभा क्षेत्र से विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सासाराम और भभूआ में एनडीए प्रत्याशी छेदी पासवान के पक्ष में रोड शो किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हुआ है और दुनिया में भारत का मान बढ़ा है सातवें और अंतिम चरण में राज्य की आठ सीटों नालंदा पटना साहिब पाटलिप्त्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में उन्नीस मई को वोटिंग होगी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तेज ध्रप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से आम जन जीवन ब्रुरी तरह प्रभावित है आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ दिनों में चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिये समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूनर्विचार याचिका दायर करेगा संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने पटना में पत्रकारों से कहा कि संघ समान वेतन के लिये संघर्ष जारी रखेगा गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों का दर्जा देने से इंकार कर दिया था अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बढ़ेपारा के एक पोखर में नहाने के दौरान दस वर्षीय एक बच्ची की डूबने से मौत हो गयी पूर्णियां जिले के डंगराहा पुल के पास जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से आठ सौ दस लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के आमबाड़ी सीमा चौकी के पास एसएसबी के जवानों ने चौरानवे बोतल शराब बरामद की है दरभंगा जिले के मोरो थाना क्षेत्र के अरैला गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल कारतूस और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने हत्या और लूट में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में चौसठ प्रतिशत मतदान